मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अतीत से जुड़ने का अवसर देगा इस बार का कुम्म वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने देश के तेइसवें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैम्बर्ग घोषणा के ग्यारह सूत्री एजेंडे को लागू किया जाना चाहिए जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है इसकी जानकारी जी ट्वेन्टी समूह में भारत के वरिष्ठ अधिकारी शक्तिकांत दास ने ब्यूनस आयर्स में दी श्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि जी ट्वेन्दी देशों को विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के लिए काम करना चाहिए प्रधानमंत्री ने भगौड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानूनी कार्रवाई करने और उनकी अवैध संपत्तियां जब्त करने के लिए नौ सूत्री कार्ययोजना भी प्रस्तुत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वतंत्रता के पवहत्तरवें वर्ष दो हजार बाईस में जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि दो हजार बाईस में भारत जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन में विश्व का स्वागत करने को उत्सुक है प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के नेताओँ को भारत आने का न्यौता दिया

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हॉगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मना रहा होगा ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह में श्री रामाफोसा का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने पर उन्हें गर्व होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेले दो हजार अद्ठारह का उदघाटन किया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा चार दिन के इस मेले का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई ने किया है इस वर्ष मेले का विषय है कृषि में प्रौद्योगिकीः किसानों की आय बढ़ाना ब्रिटेन मेले का साझीदार देश है कनाडा और चीन विरोष आमंत्रित देशों में हैं उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि भारत में शिशु और नवजात देखमाल की स्थिति में सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि नवजात मृत्यु दर घटाने के और प्रयास किए जाने चाहिए श्री नायड् ने कल चेन्नई में एक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत दस करोड़ परिवारों को चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है इससे मातत्व और शिशु स्वास्थ्य मानकों में सुधार आएगा केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रमु ने कहा है कि दुनियामर से चिकित्सा पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार एक व्यापक रणनीति बना रही है मुंबई में कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार इलाज कराने के लिए भारत आने वाले समी रोगियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने को प्रतिबद्व है श्री प्रमु ने कहा कि यह इलाज किफायती और गुणवत्तापूर्ण होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार प्रयागराज में कुम्म का आयोजन बेहद भव्य होगा और इस दौरान लोगों को अपने अतीत से जुड़ने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा प्रयागराज क्म से दुर्नियाभर के लोगों को राष्ट्रीय एकता स्वच्छता और इन्सानियत का संदेश मिलेगा श्री योगी कल प्रयागराज में चार दिवसीय कुमामिषेकन महोत्सव के समापन समारोह में बोल रहे थे समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृम्भ भारत की सनातन परम्परा और मानव कल्याण का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आघ्यात्मिक आयोजन है उन्होंने इस अवसर पर कांची कामकोटि पीठ के कार्यो की तरीफ की और कहा कि इस पीठ ने सनातन परम्परा को संरक्षित किया है इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महन्त नरेन्द्र गिरि अव्यव्न अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जगदग्रू हंसदेवाचार्य के साथ बड़े हनुमान मन्दिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की बाद में उन्होंने महन्त नरेन्द्गिरी जी के साथ क्म मेंले की तैयारियों का जायजा भी लिया वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल देश के तेइसवें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संमाल लिया उन्होंने ओपी रावत की जगह यह पद ग्रहण किया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रह चुके सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर के उन्नीस सौ अस्सी बैच के आईएएस अधिकारी है उनका कार्यकाल अक्टूबर दो हजार इक्कीस तक होगा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की निगरानी में हॉगे नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है उन्होंने कहा आयोग में हम सभी लोग सभी पक्षों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करते रहेंगे भारतीय संविधान और विशेष रूप से प्रस्तावना के आर्दशों के अनुरूप कार्य करने के लिए हम प्रतिबद्ध है प्रदेश में शुरू हई भारतीय जनता पार्टी की कमल सन्देश पदयात्रा के अन्तर्गत पार्टी के सांसदों और विघायकों ने कल घर घर जाकर लोगों से सम्पर्क किया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पाण्डे ने कल चित्रकूट में पदयात्रा की शुरूआत की पदयात्रा में भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे बस्ती में सांसद हरीश ट्विवेदी और विधायक रविशंकर के नेतत्व में निकाली गयी पद यात्रा में कार्यकर्ताओं ने लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने पद यात्रा के दौरान बताया कि लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी हो रहा है प्रदेश में छबीस नवम्बर से शुरू हुए खसरा रूबेला टीकाकरण अमियान के अन्तर्गत अब तक लगभग एक करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है अभियान के अन्तर्गत नौ माह से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों को खसरा रूबेला का टीका लगाया जाना है यह अमियान प्रथम चरण में लगभग दो सप्ताह तक प्रदेश के सभी स्कूलों में चलाया जायेगा इसके बाद द्वितीय चरण में यह अभियान समुदाय में चलाया जायेगा अन्त में ततीय चरण में छूटे हए बच्चों के लिए यह अभियान चलाया जायेगा जो लगभग एक सप्ताह तक चलेगा प्रदेश सरकार ने समी अभिभावकों से अपील की हैं कि ये अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण कराने में पूरा सहयोग दें यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है कल याराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित दो दिवसीय पर्यावरण कुंभ में देश के कोने कोने से आए पर्यावरणविदों के चर्चा विचार विमर्श प्रेरणादायी प्रदर्शनी द्वारा प्रकृति के साथ सह मानव जीवन शैली अपनाने का संदेश के साथ संपन्न हो गया जीवन का हर पक्ष पर्यावरण से प्रभावित होता है इस क्म में पंच तत्वों के संरक्षण एवं संतलन बनाए रखने पर बल दिया गया पर्यावरण कुंम के समापन अवसर पर प्रदेश के वन पर्यावरण जन्तु उद्यान एवं उद्यान विमाग मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि इस पर्यावरण क्म्म से निकला मानव कल्याण का संदेश विश्वमर में जायेगा सीतापूर के मुख्य डाकघर कार्यालय में जिले का पहला पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र खुल गया है इसका उद्घाटन स्थानीय सांसद राजेश वर्मा ने किया उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के शुरू होने से पासपोर्ट बनावाने के लिए अब स्थानीय लोगों को लखनऊ जाने की जरूरत नहीं होगी उन्होंने इस अवसर पर सीतापुर पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र के माध्यम से पासपोर्ट बनवाने वाले दो आवेदकों को सम्मानित भी किया